नियमित रेल सेवा अगली सूचना तक स्थगित

चार सौ ग्यारह मरीज हो चुके हैं स्वस्थ केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीस लाख करोड रुपये के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में नौ महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ये नौ कदम प्रवासी मजदूरों फेरी लगाने वालों जनजातीय लोगों छोटे व्यापारियों छोटे किसानों और स्व रोजगार में लगे लोगों को ध्यान में रखकर उठाए जा रहे हैं कोविड उन्नीस महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए शीघ्रता से उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि तीन करोड छोटे किसानों को कर्ज के भुगतान में इकतीस मार्च तक की मोहलत मिलेगी खेती के लिए लिये गये ऋणों के भुगतान में भी मोहलत दी गई है और इनका जल्द भूगतान करने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी

फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए पांच हजार करोड रुपये की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है इससे रेहडी पटरी वाले पचास लाख व्यापारियों को फायदा होगा वित्त मंत्री ने बताया कि जनजातीय लोगों को वृक्षारोपण परियोजनाओं में रोजगार दिलाने के लिए छह हजार करोड रुपये का प्रस्ताव किया गया है जिसका कार्य शुरू हो चुका है सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि आर आई डी एफ के तहत भी रियायतों की घोषणा की है इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा की व्यवस्था की गई है सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को पांच किलोग्राम गेंह या चावल और एक किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की जिनके पास राशन कार्ड नहीं है इस कदम से अगले दो महीने के दौरान आठ करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सभी प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा इस योजना से सड़सठ करोड़ लोगों को लाभ होगा और वे देश में कहीं भी किसी भी राशन की सरकारी दुकान से अनाज ले सकेंगे प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की शहरों में सरकार के धन से निर्मित आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराया आवास परिसर में बदला जाएगा सरकार और निजी संस्थाओं को आवास क्षेत्र में किफायती किराया आवास विकसित करने के लिए सत्तर हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे इससे रोजगार के साथ साथ इस्पात सीमेंट परिवहन और निर्माण संबंधी अन्य सामग्री की मांग पैदा होगी सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए तीस हजार करोड़ रुपए की आपात क्रियाशील प्रंजी कोष बनाने की भी घोषणा की

इसका उद्देश्य तीन करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाना है वित्त मंत्री ने ढाई करोड़ किसानों को मजब्रती देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दो लाख करोड़ रुपए की रियायत देने की भी घोषणा की इस योजना में मछली पालन और पशु पालन से संबंधित किसानों को भी शामिल किया जाएगा इससे ढाई करोड़ किसानों को रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण मिल सकेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित बीस लाख करोड़ रूपये के पैकेज के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिये आवंटित तीन लाख करोड़ रूपये से बिहार के लघु और मझौले औद्योगिक इकाईयों को भी लाभ मिलेगा

उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि अभिनेता ने इसके लिये अपनी सहमति दे दी है उन्होंने कहा कि इससे बिहार में खादी को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी साथ ही बिहार की अर्थव्यवस्था में खादी उत्पादों का योगदान बढ़ेगा प्रदेश में मनरेगा के तहत दो करोड़ दिवस रोजगार का सुजन किया गया है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मनरेगा से विभिन्न योजनाओं को जोड़कर जॉब कार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि क्वारेंटीन सेंटर में लोगों के जॉब कार्ड बनवाये जा रहे हैं ताकि उन्हें रोजगार दिया जा सके प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ सौ सत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक सबसे अधिक एक सौ बाईस मामले मुंगेर से सामने आये हैं पटना से अंठानवे रोहतास से चौहत्तर नालंदा से तिरसठ बक्सर से उनसठ बेगूसराय से छियालीस और सिवान से अड़तीस लोग पॉजिटिव पाये गये हैं वहीं खगड़िया से पैंतीस भागलपुर से चौंतीस कैमूर से तैंतीस मधुबनी से इकतीस भोजपुर से अठाईस तथा पश्चिमी चंपारण से पच्चीस मामले सामने आये हैं अब तक चार सौ ग्यारह लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं जबकि सात लोगों की मौत हुई है प्रदेश में अब तक चार सौ सात प्रवासी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इनमें से सबसे अधिक दिल्ली से लौटे एक सौ इकतालीस लोग संक्रमित पाये गये हैं वहीं गुजरात से लौटे संतानवे महाराष्ट्र से छियासठ पश्चिम बंगाल से बाईस हरियाणा से सत्रह और उत्तर प्रदेश से लौटे तेरह लोग पॉजिटिव मिले हैं इधर देश भर में कोविड उन्नीस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अठहत्तर हजार तीन हो गयी है छब्बीस हजार दो सौ पैंतीस मरीज ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की दर तैंतीस दशमलव छह तीन प्रतिशत हो गई है संक्रमण से मरने वालों की संख्या दो हजार पांच सौ उनचास हो गई है नई दिल्ली स्थित गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने कहा कि सांस लेने में तकलीफ छींक खांसी और कफ कोरोना संक्रमण के प्रमुख लक्षण हैं साउंड बाईट कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो पास के जो भी अस्पताल हैं वहां मिलें अपनी जांच कराएं और जांच कराने के अगर कोरोना आता भी है इसमें कोई पैनिक या बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है

रेल मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रेल की नियमित मेल एक्सप्रेस पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित रहेंगी इन गाड़ियों में तीस जून तक आरक्षित किये गये सभी टिकटों के पूरे पैसे यात्रियों को वापिस कर दिये जायेंगे मंत्रालय ने कहा कि बारह मई से शुरू की गई विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां और विशेष यात्री रेलगाड़ियां जारी रहेंगी रेलवे ने कोरोना के कारण यात्रा न कर पाने वाले यात्रियों को टिकट के पूरे पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया है रेलगाड़ी में चढ़ते समय भी यदि किसी यात्री में कोरोना के लक्षण पाये गये तो उसे गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया जायेगा और उसे टिकट के पूरे पैसे वापस कर दिये जायेंगे इस बारे में गाड़ी के टीटीई आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेंगे इस प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए दस दिनों के अंदर टिकट के पैसों की वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी कामगारों के घर लौटने का सिलसिला जारी है अब तक लगभग ढाई लाख लोग एक सौ पचासी ट्रेनों के माध्यम से राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं आज चौंतीस ट्रेनों से पचास हजार नौ सौ दस यात्री आये हैं परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कल बत्तीस ट्रेन देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेगी जिससे छियालीस हजार सात सौ पंचानवे यात्री आयेंगे उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से लौटे पैंसठ हजार मजदूरों को अब तक गोपालगंज और कैमूर से बाईस हजार बसों के माध्यम से अपने गृह जिला भेजा गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया पचास दिन में पूरी कर ली जाएगी आज अध्यापकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में उन्होंने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे श्री पोखरियाल ने कहा कि सीबीएसई की लंबित दसवीं और बारहवीं की परीक्षा पहली से पंद्रह जुलाई के बीच करा ली जाएगी एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाएगी लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खुशी है कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है

संचार प्रबंधक अंकिता श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले दिनों एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये भी अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन कम किया गया था उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक रिफाईनरी अपनी क्षमता का अस्सी प्रतिशत उत्पादन शुरू कर देगा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे में गोपालगंज जिले के छह लोगों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात जिले के घलौली चेकपोस्ट के पास पैदल चल रहे लोगों के एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ घायलों में से दो को बेहतर इलाज के लिये मेरठ भेजा गया है ये सभी पंजाब से गोपालगंज के लिये पैदल आ रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है वहीं दिल्ली से कटिहार लौट रहे एक श्रमिक की गोपालगंज जिले के सिघवलिया के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी इधर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या अठाईस पर आज सुबह बस और ट्रक के बीच हुयी टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी तथा बारह अन्य लोग घायल हो गये उजियारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूर मुंबई से मुजफ्फरपुर पहुंचे थे इन्हें बस से कटिहार स्थित क्वारंटीन सेंटर ले जाया रहा था प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है सारण सीवान रोहतास पटना वैशाली जमुई और मुजफ्फरपुर जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी छपरा में तेज आंधी की वजह से एक दीवार के गिर जाने से दो साल की एक बच्ची की मौत हो गयी जबकि सात अन्य घायल हो गये

नियमित रेल सेवा अगली सूचना तक स्थगित

चार सौ ग्यारह मरीज हो चुके हैं स्वस्थ